मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इससे इन विभागों को विशेषज्ञ प्राप्त होंगे और प्रदेश की उच्चतर स्वास्थ्य शिक्षा सुदृढ़ होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवा चिकित्सकों को राज्य के भीतर ही विशेषज्ञ पाठ्यक़मों में शिक्षा के अवसर भी प्राप्त होंगे जयराम ठाक्र ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि लोगों को उनके घर द्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सकें भारद्वाज शहरी विकास व सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रदेश के विकास में सहकारिता विभाग की भूमिका के महत्व पर बल दिया है शिमला में आज एक समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को विभाग के महत्वपूर्ण स्थान को कायम रखने के लिए प्रभावी रूप से कार्य करने के निर्देश दिए उन्होंने बैंकों को एन पीए को कम करने के लिए निश्चित समय अवधि में कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए

गोविंद शिक्षा और भाषा कला व संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि सांस्कृतिक नीति से प्रदेश की विरासत का संरक्षण होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज सांस्कृतिक नीति के लिए गठित समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही गोविंद ठाक्र ने कहा कि सांस्कृतिक नीति के माध्यम से प्रदेश की बहुमुखी संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया जाएगा उन्होंने अधिकारियों को इस नीति का प्रारूप समयबद्ध तैयार करने के निर्देश भी दिए उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तर्ज पर प्रदेश में भी फिल्म सिटी की स्थापना की दिशा में कार्य किया जाएगा बिक्रम उद्योग व परिवहन मंत्री बिक्रम ठाक्र ने कहा है कि केन्द्र सरकार की मनरेगा सहित अन्य महत्वकांक्षी योजनाओं से गांवों का सर्वागीण विकास हो रहा है

गर्ग खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश का चहुंमुखी विकास हो रहा है घूमारवीं विधानसभा क्षेत्र के बाड़ी मझेडवां में पौधरोपण के अवसर पर उन्होंने ये बात कहीं उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रदेश की खाली भूमि पर औषधीय व फलदार पौधे रोपित किए जा रहे हैं गर्ग ने कहा कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के लिए अनेक विकासात्मक परियोजनाएं स्वीकृत की गई है

परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा गरीब और असहाय लोगों को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है

परमार ने कहा कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए कृतसंकल्प है

प्रदेशभर में यह त्योहार पूरे श्रद्दा व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है सोलन में आज श्री दुर्गा सेवा समिति द्वारा लक्कड़ बाज़ार में गणेश मूर्ति की स्थापना की गई समिति के प्रधान डीएनगुप्ता ने बताया कि गत वर्षो की तुलना में कोरोना के चलते इस बार मात्र परंपराओं का निर्वहन किया गया है

अधिसूचना सिरमौर ज़िले में आगामी शहरी निकायों के चुनाव के लिए वार्डो की अधिसूचना जारी कर दी गई है